अयोध्या में राम मंदिर भूमि प्रजन की तैयारियां जोरों पर प्रदेश से भी भेजी जा रही है विभिन्न सामग्री

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों परिवहन और अन्य आवागमन के दौरान लापरवाही के कारण तेजी से मामले बढ़े हैं ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना जरूरी है श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संकमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोग हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन आवश्यक है लेकिन वहां हैल्थ प्रोटोकॉल की पार्लना सुनिश्चित कराई जाए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में विभिन्न जिलों में संकमण रोकने के लिए प्रशासन अपने अपने अनुसार निर्णय ले रहा है

हाल में केन्द्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाई जाने वाली केसर के लिए जीआई यानी जियोग्रेफिकल इंडीकेशन पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया है

जी आई टैग मिल जाने के बाद निर्यात बाजार में कश्मीर की केसर का महत्व बढ जायेगा और इससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी हासिल कर सकेंगे

सरकार ग्रामीण विकास विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सुजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहायोग से एक दृष्टि पत्र तैयार किया है जिसमें गरीबी दूर करने की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है गांव के प्रत्येक निवासी को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं इन उपायों से पिछले छह वर्षों में ग्रामीण विकास की गति तेज हुई है और वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भी कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है

बाघिन के पेट और गर्दन पर घाव मिले हैं मेडिकल बोर्ड के मुताबिक इन घावों के सदमे से ही बाधिन की जान गई है गौरतलब है कि इस बाधिन ने कुछ दिनों पूर्व ही दो शावकों को जन्म दिया था

इसके पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं

वहीं कल पाली और जालोर जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है

भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश हुई